पार्टी विधायक मधु स्वामी ने आज बेंगलूरू में मीडिया को बताया कि बोर्ड से निर्देश मिलने के बाद ही पार्टी विधायक दल की बैठक तय की जायेगी इसके बाद ही विधायक दल के नेता राज्यपाल के पास सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता लाने के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी आज विधानसभा में श्री कमलनाथ ने पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि समिति यह भी सुनिश्चित करेगी की उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा के मापदंडों पर उत्कृष्ट हो रेत खनन गैर कानूनी रेत खनन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार सीबीआई और पांच राज्यों से उनके विचार मांगे हैं न्यायमूर्ति शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया है इस याचिका में कहा गया है कि इस गैरकानूनी खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है याचिका में यह भी कहा गया है कि न्यायालय सीबीआई को इन मामलों की जांच का निर्देश दे खेल विकास खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश के खिलाड़ियों को जो अपनी निजी अकादमी अथवा खेल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित चाहते है उन्हें साधारण शुल्क पर खेल मैदान और परिसर उपलब्ध करवाये जायेंगे श्री पटवारी ने कहा कि विकास में निजी पब्लिक सेक्टर जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों का सहयोग आवश्यक है अब पीपीपी मोड से भी खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना का निर्माण और विकास किया जायेगा पीपीपी योजना में भोपाल इंदौर जबलपुर एवं ग्वालियर में भूमि चिन्हित की गई है

डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया और वन इंडिया प्रोग्राम के तहत एनआईसी द्वारा सभी जिलों की सुरक्षित और सुगम्य वेबसाइट बनाने का बीड़ा उठाया गया है इसी कड़ी में ग्वालियर जिले की वेबसाइट लांच की गई

इस मेले में राज्य के उत्कृष्ट शिल्पियों और बुनकरों की सामग्री का प्रदर्शन किया जायेगा मौसम प्रदेश के पिछले एक सप्ताह के मौसम पर नजर डाली जाये तो यह देखने में आ रहा है कि मानसून रूठ सा गया है राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल तो घिरे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई मौसम केन्द्र का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात और हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है आज भी राजधानी भोपाल में सुबह से ही ध्रप खिली हुई है और गर्मी महसूस की जा रही है प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम आमतौर पर खुष्क रहने और आसमान में कहीं कहीं बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है